विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने रामपुर के बड़ाच में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कांगड़ा जिले के ज्वाली खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने सिरमौर के रेणुका शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन के नालागढ़ जबकि उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बिलासपुर के झंडुता में जनमंच कार्यक्रम के दौरान जनसमस्याएं सुनीं इसी तरह शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर के भोरंज स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने मण्डी के नाचन ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने चंबा के होली वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के आनी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की रेल ट्रैक केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आज पठानकोट जोगिन्द्रनगर रेलवे ट्रैक का हवाई निरीक्षण किया बाद में उन्होंने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर पठानकोट जोगिन्द्रनगर रेल लाइन पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए

पीयूष गोयल ने कहा कि कांगड़ा रेलवे स्टेशन को धरोहर का रूप देकर दोबारा संवारा जाएगा और इसे पर्यटन विकास से भी जोड़ा जाएगा केन्द्रीय रेल मंत्री ने कहा कि पठानकोट जोगिन्द्रनगर रेल ट्रैक को ब्रॉडगेज करने की बजाय नैरो लाइनों को नया रूप देने पर काम किया जाएगा उन्होंने इस ट्रैक के साथ लगते रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और वाई फाई सुविधा मुहैया करवाने की भी बात कही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आम लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने पर बल दिया है ताकि वे पार्टी के समर्थन के लिए उत्साहित हो सकें शिमला में आज सोलन भाजपा मंडल के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को नए सदस्य पार्टी से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगों व मुद्दों की पहचान करनी चाहिए ताकि उनका समाधान किया जा सके उन्होंने मण्डल स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के आयोजन पर भी बल दिया इस दौरान मण्डल अध्यक्ष रविन्द्र परिहार ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि उनका प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेगा बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि राज्य के विकास और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं

बिक्रम ठाक्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के इसी महीने होने वाले दौरे के दौरान भवन का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया कोई भी प्रयास निष्फल नहीं जाता वे आज क्रूक्षेत्र स्थित ग्रूकल में विद्यार्थियों के साथ बातचीत में बोल रहे थे उन्होंने संस्थान में एनडीए की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं बाद में राज्यपाल ने पेहोवा में किसान मजदूर और व्यापारी सम्मेलन को भी संबोधित किया शरद स्कूल शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में गांधी व उनके समकालीन जीवन और विचार विषय पर शरद स्कूल का आयोजन किया गया है

सम्मेलन में कोन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी शिरकत की उन्होंने युवा छात्रों और शोधकर्ताओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले अन्य महान व्यक्तियों के विचारों पर आधारित शोध परियोजनाओं पर कार्य करने का आहवान किया संस्थान के अध्यक्ष कपिल कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे पत्र राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य अजय श्रीवास्तव ने सरकार से नई दिव्यांगता नीति बनाने की मांग की है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि नई नीति बनाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित रह रहे हैं विधिक साक्षरता कल्लू जिले की सैंज घाटी के शांघड़ गांव में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी

इस दौरान वे झण्ड्ता और घुमारवीं क्षेत्रों में अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे